आज जयपुर में कोविड की वर्तमान स्थिति और टीकाकरण की समीक्षा बैठक में श्री गहलोत ने सभी जिला कलेक्टरों को कहा कि नियमित निगरानी के साथ ही पॉजिटिविटी रेट मृत्यु दर और वृद्धि दर की नियमित समीक्षा करें उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर्स कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और माइको कन्टेनमेंट जोन बनाने पर फोकस करें उन्होंने कहा कि नो मास्क नो एन्ट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए और टीकाकरण की गति को बढ़ाया जाए प्रदेश की तीन विधानसभा सीटों सुजानगढ़ सहाड़ा और राजसमंद में होने वाले उप चुनाव के लिए प्रचार में तेजी आई है

सूची में प्रदेश प्रभारी अरूण सिंह प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई प्रमुख नेताओं के नाम शामिल है इस बीच आज नामांकनों पत्रों की जांच की जा रही है

छह जिलों में संकमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला

जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमान से लेफ्टिनेंट जनरल आलोक क्लेर आज सेवानिवृत हो गए इस अवसर पर जनरल ऑफिसर ने प्रेरणा स्थल पर बहादुरों को श्रद्वांजलि अर्पित की

श्री क्लेर ने सप्त शक्ति कमान का प्रभार लेफिटनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिण्डर को सौंपा है

इस निर्णय से लंबे समय से दूरस्थ जिलों में कार्यरत इन संविदाकर्मियों का उनके गृह जिले में रिलोकेशन संभव हो सकेगा प्रदेश में गर्मी के असर में बढ़ोतरी जारी है